मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

सिफारिश में कहा गया है कि पूणे की भारतीय सीरम संस्थान की वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए विशेषज्ञ समिति ने हैदराबाद की भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड को भी क्लिनिकल ट्रायल के रूप मेंआपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति देने की सिफारिश की है समिति ने अहमदाबाद की कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड को भी तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को अनुमति देने को कहा है भारतीय औषध महानियंत्रक वैक्सीन की मंजूरी को बारे में अंतिम फैसला करेंगे इस बारे में आज मीडिया को जानकारी दी जाएगी

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेशभर में ड्राई रन किया जाएगा

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कल नए दिशा निर्देश जारी किए

इन शहरों में कोटा जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर अलवर भीलवाड़ा नागौर पाली टोंक सीकर और गंगानगर शामिल है

इस दौरान सभी दफ्तर दुकानें और कमर्शियल कंपलेक्स बंद रहेंगे जबकि फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री को छूट दी गई है कर्फर्यू क्षेत्र में बस रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्री आ जा सकेंगें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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण करवाएगी

उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों से कहा कि कोरोना वायरस के मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रमावों को रोकने के लिए प्रभावी प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए विशेष टीमें बनाकर अनुसंधान किया जाए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पोस्ट कोविड स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को भविष्य में स्वास्थ्य परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े

यह विश्व के किसी अन्य नेता की रेटिंग से अधिक है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को बघाई दी है और कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबद्ध आठ सौ से अधिक शिक्षाविदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें केन्द्र सरकार के प्रगतिशील कृषि कानूनों की सराहना की गई है पत्र में कहा गया है कि उन्हें किसानों की आजीविका की रक्षा करने के सरकार के आश्वासन पर पूरा भरोसा है और इन नए कृषि कानूनों से किसानों की आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस पत्र में सरकार और किसानों दोनों के प्रति निष्ठा व्यक्त कीगई है और गतिरोध दूर करने के प्रयासों की सराहना की गई है राज्य के चार जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है झालावाड़ कोटा बारां और जोधपुर जिलों में एवियन इन्फ्लूएन्जा का असर देखा गया है पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ वीरेन्द्र सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को सूचित कर दिया गया है झालावाड़ जिले में इस वायरस के कारण कौओं की मौत हुई है हालांकि अभी ये अन्य पक्षियों में नहीं फैला है श्री सिंह ने कहा कि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है

सवाईमाधोपुर करौली बूंदी बारा बांसवाड़ा जिलों में कल रात हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई

वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई

बीकानेर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाया हुआ और ठंडी हवाए चल रही है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो तीन दिन तक राज्य के भरतपुर जयपुर कोटा और बीकानेर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कही कही ओलावृष्टि की भी संभावना है